राज्यसभा में कल बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यौरा दिया वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में र्जा व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुदृढता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्धि की योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है

अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण की प्रक्रिया शुरु करने के खिलाफ राज्य के अजमेर में कल उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कर्मचारियों ने रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया

ये याचिका उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बच्चों से बलात्कार के मामले पर संज्ञान लेते हुए दाखिल की है कोर्ट र्न कहा है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर ठोस और स्पष्ट प्रतिकिया सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किये जायेंगे इस मामले में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील वी गिरी को न्यायमित्र बनाया गया है तथा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मामले में पक्ष रखने के लिये नियुक्त किया गया है इस याचिका की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस की पीठ करेगी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और फैसले के लिए विधि तथा न्याय मंत्रालय ने विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की योजना तैयार की है कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि निर्भया कोष के अन्तर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति एक हजार से अधिक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत बनाने पर काम कर रही है राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर की जमीन सौदे मामले में स्काई लाईट होस्पिटलिटी कम्पनी के साझेदार रोबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक बढा दी है

राज्यभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अदालतें लगाई जा रही है राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर स्थित प्रधान पीठ सहित जयपुर पीठ में भी लोक अदालतों के तहत मामलों को सूचीबद्ध किया गया है

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चार सप्ताह के भीतर अस्थायी स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने के निर्देश दिए हैं

अदालत ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारी की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है पदों के खाली रहने से चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं ऐसे में विशेष तौर से सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों में अस्थायी और जरूरी उपाय किए जाने की जरूरत है कोर्ट ने कहा कि जन स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का दायित्व है सरकार को आठ सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट शपथ पत्र के रूप में पेश करने को कहा गया है

राज्य सरकार ने सरदारशहर थाने में चोरी के एक आरोपी की हिरासत में हुई मौत के मामले में कल देर रात चूरू जिले के पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार को एपीओ और वृत्ताधिकारी भवर लाल मेघवाल को निलंबित कर दिया है उधर झूंझुनू जिले के उदयप्रवाटी क्षेत्र के गुड़ा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने वाले बाबूलाल सैनी की गुरूवार शाम को इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर जैयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर और झुंझुनूं में प्रदर्शन किया शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा अधिकारियों का आहवान किया है कि विद्यालयों में जितने भी नए प्रवेश होते हैं उतनी ही संख्या में पेड़ लगाया जाना सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए श्री डोटासरा ने कल जयप्र में राज्य के शिक्षा अधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए संवाद किया उन्होंने प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जिलेवार समीक्षा की शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में पौधारोपण और निरीक्षण की कार्यवाही में विसंगतियों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये उन्होंने बताया कि विद्यालयों में विषय अध्यापकों के खाली पदों को भरने के लिए डीपीसी की कार्यवाही की गयी है जल्द ही विद्यालयों में खाली पदों को भरा जायेगा राज्य सरकार ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके बाड़मेर और झुंझुनू जिले के मजरों तथा ढाणियों को नये राजस्व गांव घोषित किया है सरकार ने झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के मूल राजस्व गांव प्रतापपुर को श्री देवनगर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया है उद्योग तथा राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा है कि रींगस के औद्योगिक क्षेत्र में युनिवर्सल ऑटो फाउन्ड्री की यूनिट स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे उद्योग मंत्री कल सीकर जिले के रींगस औद्योगिक क्षेत्र में युनिवर्सल ऑटो फाउन्ड्री लिमिटेड की इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्यमो को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिये प्रतिबद्व है तथा उद्यमियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी सीकर जिले की गोकुलपुरा के पास कल देर रात ट्रोले की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई दोनो युवक शहर के शीतला का बास के रहने वाले थे सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे में खेत में काम केर रही दो महिलाओं को जहरीले सांप ने डस लिया